कल प्रदेश में दो हजार एक सौ छह नये मामले सामने आए दूर्ग जिले में कल सर्वाधिक सात सौ तिरानवे और रायपुर जिले में पांच सौ तिहत्तर कोरोना मरीजों की पहचान हुई वहीं कल अट्ठाईस लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है कोरोना के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए राज्य प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं रायपुर दुर्ग राजनांदगांव बस्तर और बिलासपुर सहित विभिन्न जिलों के नगरीय क्षेत्रों में धारा एक सौ चवालीस लागू कर दी गई है वहीं विभिन्न जिला प्रशासन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नये दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं इन दिशा निर्देशों के अनुसार हवाई रेल और सड़क से यात्रा कर बाहर से वाले लोगों को अब सात दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा वहीं अब होली पर किसी तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे सभी सार्यजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है डीजे नगाड़ा बजाने या टोली बनाकर फाग गीत गाने होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी वहीं होलिका दहन के दौरान अधिकतम पांच लोग उपस्थित रह सकेंगे विभिन्न जिलों के पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे शादी अंत्येष्टी में अधिकतम पचास लोग शामिल हो सकेंगे सभी प्रकार के धरना सभा रैली जुलूस प्रदर्शन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं दो पहिया वाहन में दो लोग और चार पहिया में चार लोग बैठ सकेंगे सार्वजनिक स्थलों सिनेमा हॉल मॉल में आने जाने वाले लोगों की जांच की जाएगी राज्य के अपर मुख्य सचिव सुव्रत साहू ने सभी कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा है कि मास्क न लगाने वालों के खिलाफ जुर्माना बढ़ाकर पांच सौ रूपए किया जाए वहीं दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए

राजधानी रायपुर में हीरापुर स्थित अविनाश प्राईड आवासीय कॉलोनी और चंगोराभाटा सहित कुछ स्थानों को कन्टेमेंट जोन घोषित कर दिया है इसके अलावा दुर्ग जिले में अब तक तेईस कंटेंनमेंट जोन बना दिए गए हैं द्र्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण जैसे सर्दी खांसी बुखार सांस लेने में तकलीफ स्वाद या गंध महसूस नहीं होना दस्त उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो वे निकटतम केन्द्र में कोविड जांच कराएं और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारटाइन में रहें

वहीं राजनांदगांव नगर निगम प्रशासन ने बिना मास्क के व्यवसाय करने वाले दुकानदारों पर अर्थदंड लगाने और दुकान सील करने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं इधर भिलाई निगम क्षेत्र के व्यापारियों ने नो मास्क नो सामान अभियान चलाने का फैसला लिया है व्यापारियों ने यह निर्णय नगर निगम प्रशासन के साथ हुई बैठक में लिया छत्तीसगढ़ कोरोना अस्पताल छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है इसके तहत निजी अस्पतालों में पचास प्रतिशत बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखने के लिए कहा गया है स्वास्थ्य संचालक की ओर से जारी इस आदेश में प्रदेश के इकतीस अस्पतालों की सूची जारी की गई है इन अस्पतालों में इनकी क्ल क्षमता के आधे बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखना जरूरी होगा इन इकतीस अस्पतालों में करीब चार हजार तीन सौ बिस्तर है इनमें से लगभग दो हजार एक सौ पचास बिस्तर कोरोना संक्रमितों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे

अब तक पांच करोड़ इकतीस लाख पैंतालीस हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेईस लाख बासठ हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया वहीं केन्द्र सरकार पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के लिए कोविड टीकाकरण एक अप्रैल से शुरू कर रही है इसी दिन से कोविन एप पर पंजीयन किया जा सकेगा लोग निर्धारित केन्द्रों पर भी जाकर पंजीकरण करा सकते हैं इधर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्यकर्मियों फ्रंटलाइन वर्कर्स साठ वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का टीकाकरण नियमित रूप से जारी है कल तैंतालीस हजार आठ सौ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया इनमें साठ से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या सबसे अधिक है लोग स्व प्रेरणा से टीकाकरण केन्द्र पहंचकर टीका लगवा रहे हैं कल अंबिकापुर के गांधीनगर टीकाकरण केन्द्र में नब्बे साल के बुजुर्ग राधेश्याम गुप्ता स्वयं चलकर टीका लगवाने पहुंचे उन्होंने अन्य लोगों से भी कोरोना टीका लगवाने का अनुरोध किया है कोरोना विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लोगों को इस संक्रमण से बचने के उपायों के बारे में जागरूक करने और कोविड टीकाकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम कल आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम के तहत रायप्र मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आरके पांडा की भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा मीडियम वेव पर यह कार्यक्रम कल प्रातः साढ़े नौ बजे प्रसारित होगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे वहीं एफएम पर कल इसे प्रातः नौ बजकर पैंतीस मिनट पर प्रसारित किया जाएगा

उन्होंने गंभीर मरीजों के इलाज के लिए माना कोविड अस्पताल को जल्द दोबारा शुरू करने को कहा श्री सिंहदेव ने कोरोना टीकाकरण में भी तेजी लाने के निर्देश दिए स्वास्थ्य मंत्री ने रोजाना ज्यादा आवाजाही वाले शहरों और जिलों में कोरोना नियंत्रण पर विशेष जोर देने को कहा उन्होंने कहा कि राजनांदगांव दुर्ग और रायपुर जिले में महाराष्ट्र से या वहां से होकर बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन आना जाना करते हैं इन तीनों ही जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है

इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाने और भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचने की जरूरत है स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि ज्यादातर लोगों में यह धारणा आ गई है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है और अब मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह गलत धारणा है विशेषज्ञों के अनुसार वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना और सुरक्षित दूरी रखना आवश्यक है साथ ही बुजुर्गों को विशेष रूप से और पैंतालीस वर्ष से अधिक के सभी लोगों को वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले साथ ही लक्षण दिखने के चौबीस घंटे के अंदर ही कोरोना की जांच कराएं और उसका जल्द इलाज शुरू करें ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र आम जनता की सुविधा के लिए ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है

परिवहन मंत्री श्री अकबर ने बताया कि देश में पहली बार ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन किया गया है यह परिवहन विभाग के ड्राइविंग लाइसेन्स प्रक्रिया को पारदर्शी और पेपरलेस बनाने की दिशा में पहला कदम है ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र देने के ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत अब कोई भी डॉक्टर जो यह कार्य करना चाहते हैं वे परिवहन विभाग से बिना किसी शुल्क के आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं संबंधित डॉक्टर राज्य में कहीं भी ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं चालान वर्चुर्अल कोर्ट रायपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक अब कोर्ट का चालान भी घर बैठे वर्चुअल माध्यम से दे सकेंगे रायपुर यातायात पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक चालान डिवाईस से ही कोर्ट का चालान वर्चुअल कोर्ट से माध्मम से भेजने की कार्यवाही शुरू की है अब तक तेरह प्रकरण वर्चुअल कोर्ट भेजे जा चुके हैं ऐसे मामलों का निराकरण केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाएगा और उल्लंघनकर्ता को अर्थदंड भरना पड़ेगा वर्चुअल कोर्ट चालान बनाए जाने पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक के मोबाइल नंबर पर लिंक भेजा जाएगा जिसकी मदद से वाहन चालक घर बैठे ही अपना चालान वर्च्अल कोर्ट में पटा सकेंगे गुलाब सिंह निधन कोरिया जिले की मनेन्द्रगढ़ विधानसभा सीट से दो बार विधायक रहे गुलाब सिंह का आज निधन हो गया वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे श्री सिंह वर्ष उन्नीस सौ अंठानवे और दो हजार तीन में मनेन्द्रगढ़ से विधायक निर्वाचित हुए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने श्री सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है श्री बघेल और डॉक्टर महंत ने अलग अलग जारी शोक संदेश में उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की है संक्षिप्त समाचार बीजापुर जिले में दो माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया इनमें से एक माओवादी पर आठ लाख रूपए का इनाम घोषित था द्र्ग पुलिस की साइबर सेल की विशेष टीम ने जिले में गुम हए मोबाइल की खोजबीन कर आज एक सौ बारह नग मोबाइल आवेदकों को सौंप दिए पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि इनकी कीमत करीब बीस लाख रूपए है भारतीय थल सेना की दुर्ग जिले में बीते दिनों आयोजित की गई भर्ती रैली में शरीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले रायपुर जिले के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए जिला रोजगार केन्द्र में संपर्क कर सकते हैं दुर्ग जिले में पाटन मोतिपुर मार्ग पर सिकोला गांव के पास आज एक वाहन की टक्कर में मोटर साइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गई मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न जिलों में लोकपाल के सत्रह और राज्य स्तरीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों के रिक्त तीन पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों से दावा आपत्ति इकतीस मार्च तक आमंत्रित की गई है